उन्होंने प्रदेश में टेस्टिंग और वेक्सीनेशन बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा

मन्दिरों के अन्दर लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा और श्रद्धालुओं को केवल दर्शन की ही अनुमति होगी कार्यक्रम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज बिलासप्र जिले के दौरे पर हैं इस दौरान वे स्वारघाट में विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे

बाद दोपहर मुख्यमंत्री का शिमला वापस लौटने का कार्यक्रम है

मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप्प पर भी उपलब्ध रहेगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी होगा

नाटक की इस विधा को जीवित रखने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उददेश्य से ही ये दिवस मनाया जाता है इस दिन दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच या थियेटर से जुड़े हुए कलाकार कई समारोह का आयोजन करते हैं कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

वर्तमान में उना जिला में सर्वाधिक सक्रिय मामले हैं

और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है छात्रों को चार तक छुटिटयां होली के जश्न पर रोक दैनिक जागरण हिमाचल दस्तक और आपका फैसला के लगभग एक से शब्द हैं हिमाचल प्रदेश में चार अप्रैल तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

आपका फैसला ने लिखा है धर्मशाला नगर निगम में डोर दू डोर प्रचार करने वाले प्रत्याशियों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी

प्रदेश में दूरिज्म पर रोक नहीं शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है सीएम ने कहा जरूरत पड़ी तो रिव्यू करेंगे स्पीति के हल गांव में आइबैक्स घर आ पहुंचा ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर किया स्वागत पंजाब केसरी की एक खबर है